नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारिख कल है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता को सुखद बताते हुए कहा कि यह संवेदनशील जवाबदेह पारदर्शी और सुशासन पर जनता की मुहर है श्री गहलोत ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली भारी सफलता पर गहरी खुशी व्यक्त करते हुए इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन की मेहनत और कांग्रेस सरकार के जनहितैषी फैसलों का परिणाम बताया है दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि कांग्रेस को उसकी सरकार होने का फायदा इन चुनावों में मिला है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सांभर झील में पक्षियों की मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की है श्री मिश्र ने कहा कि सांभर झील के परिक्षेत्र में पक्षियों की हो रही मौत के कारणों की जांच विशेषज्ञों को गंभीरता से करके बचाव के उपाय तत्काल ढूंढ़ने होंगे राज्यपाल के निर्देश पर राजस्थान पश् चिकित्सा और पश् विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कलपति डॉ विष्णु शर्मा द्वारा गठित समिति ने पक्षियों में फैले रोग के कारणों लक्षण और उसके फैलाव का मौके पर जाकर मुआयना किया और ग्रामीणों से सूचनाएं जुटाईं समिति पक्षियों में यह रोग रोकने और बीमार पक्षियों का उपचार करके उन्हें बचाने के उपाय भी करे रही हैं इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांभर झील सहित प्रदेश के अन्य आर्द भूमि क्षेत्रों के संरक्षण और संवर्धन कार्यों के लिए राज्यस्तरीय प्राधिकरण को जल्द कियाशील करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इस प्राधिकरण में शामिल होने वाले विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहायता से सांभर झील जैसे क्षेत्रों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी